उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार

प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पारित कर कठोरतम सजा का प्रावधान जोड़ा है आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करते हुये श्री मोदी ने कहा कि सरकार दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है बाईट बलात्कार के दोषियों को देश सहन करने के लिए तैयार नहीं है इसलिए संसद ने आपराधिक कानून संशोधन विधेयक को पास कर कठोरतम सजा का प्रावधान किया है दुष्कर्म के दोषियों को कम से कम दस वर्ष की सजा होगी वहीँ बारह वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से रेप करने पर फाँसी की सजा होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन तलाक विधेयक लोकसभा में तो पारित किया गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो सका है श्री मोदी ने मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाया कि पूरा देश सामाजिक न्याय की इस मुहिम में उनके साथ है प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि हाल ही में सम्पन्न संसद का मॉनसून सत्र बहुत रचनात्मक रहा

दलहित से ऊपर उठकर सभी सांसदों ने मानसून सत्र को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया और इसी का परिणाम है कि लोकसभा ने इक्कीस विधेयक और राज्यसभा ने चौदह विधेयकों को पारित किया संसद का ये मानसून सत्र सामाजिक न्याय और युवाओं के कल्याण के सत्र के रूप में हमेशा याद किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि देश ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान कर अपना संकल्प पूरा किया है उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संशोधन विधेयक पारित किया गया जिससे इन सम्रदायों के हितों की अधिक सुरक्षा हो सकेगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष दो हजार तीन में इकयानवेवां संशोधन अधिनियम लाने के लिए राष्ट्र सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा बाईट अटल जी के लिए जिस प्रकार का स्नेह जो श्रद्धा और जो शोक की भावना पूरे देश में उमड़ पड़ी है वो उनके विशाल व्यक्तित्व को दर्शाता है सुशासन यानि गुड गवर्नेस को मुख्य धारा में लाने के लिए ये देश सदा अटल जी का आभारी रहेगा प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में चल रहे एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे जरूर खेलें और अपनी सेहत पर खास ध्यान दें क्योंकि स्वस्थ भारत से ही सम्पन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा भाई बहन के प्यार का पर्व रक्षाबंधन आज देशभर में मनाया जा रहा है श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाये जाने वाले इस त्योहार में बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनके दीर्घ और सुखमय जीवन की कामना करती हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेकैंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी रक्षाबंधन के अवसर पर पटना स्थित राजधानी वाटिका में बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस समारोह का आयोजन किया गया इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वृक्षों की सुरक्षा के लिए पेड़ों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया शेखप्रा में स्कूली बच्चों ने सड़क पर बिना हेलमेट के मोटरसाईकिल चला रहे लोगों को राखी बांध कर सड़क सुरक्षा के प्रति उन्हें जागरूक किया उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में शीघ्र ही उन्नीस करोड़ की लागत से देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की जायेगी श्री मोदी ने कहा कि विगत छह वर्षों से लम्बित इस मामले में सिंडिकेट की स्वीकृति और जमीन हस्तांतरित करने की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने एनडीए में मतभेद की बात को खारिज करते हुए कहा है कि एनडीए प्री तरह एकजुट है श्री हुसैन ने आज समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि दो हजार उन्नीस में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन की शानदार जीत होगी और नरेन्द्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और अपराध पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है श्री राय ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चार्चशीट दायर किये जाने पर उनसे इस्तीफे की मांग की उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए श्री राय ने कहा कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा के खिलाफ अगर आरोप सही साबित होते हैं तो कानून के तहत कार्रवाई की जायेगी उन्होंने कहा कि रालोसपा प्रमुख उपेन्द्र क्शवाहा के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है बिहार में ग्राम पंचायतों को तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य तेजी से चल रहा है लखीसराय जिले में अस्सी पंचायतों में से छत्तीस में यह कार्य पूरा हो चुका है तेज इंटरनेट सुविधा से कई नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने में आसानी हो रही है

इसे और तेजी लाने की जरुरत है आकाशवाणी समाचार के लिए लखीसराय से विनय कुमार राज्य के नवनियुक्त राज्यपाल लालजी टंडन ने आज अपने कार्यालय कक्ष में प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह से विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की इस दौरानं राज्यपाल ने प्रधान सचिव को प्रदेश के सभी कुलपतियों से इस संबंध में विचार विमर्श के लिए बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र स्थित संत नगर में कल देर शाम मोबाईल लूटने के दौरान सहायक अवर निरीक्षक की पुत्री के हत्या के आरोप में तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से तीन पिस्तौल और आधा दर्जन कारतूस बरामद किया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समित ने इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है इस परीक्षा में अडतीस दशमलव सात आठ प्रतिशत परीक्षार्थी सफल घोषित किए गए हैं वहीं बोर्ड ने इंटर परीक्षा दो हजार उन्नीस के लिये रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी है अब छात्र विलंब शुल्क के साथ तीस अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों में कम दबाव का केंद्र बनने से बिहार के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिम चम्पारण जिले के गौनाहा और जमुई जिले के झाझा में सबसे अधिक सात सात सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है भागलपुर जिले में शाहकुंड थाना क्षेत्र के लतीपुर गांव के पास धमनी नदी में एक वाहन के पलट जाने से एक ही परिवार के तीन सदस्य की मौत हो गई भागलपुर के अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण ने बताया कि स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया है औरंगाबाद जिले के बिहार और झारखंड राज्य की सीमा के पास से पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में एक हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है

उत्साहपूर्वक माहौल में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार